विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हमीरपुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कुल्लू ज़िले के सैंज शहरी विकास मंत्री सरवीण चोधरी ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने सोलन जबकि ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के गगरेट में कार्यक्रम की अध्यक्षता की कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा के चुराह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मण्डी जिले के द्रंग जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बिलासपुर के कंदरौर में जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया कांगड़ा जिले के नगरोटा में ये कार्यक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया बजट सत्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत अपने अभिभाषण के साथ सत्र की शुरूआत करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय सूची से सदन को अवगत करवाएंगे

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट सत्र कम अवधि का निर्धारित किया गया है पर्यटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे शिमला में आज पर्यटन विकास पर एक प्रस्तुति के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों संस्कृति और प्राकृतिक भव्यता के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि राज्य में स्थित कई बौद्ध मठों को ध्यान में रखते हुए सरकार बौद्ध सर्किट विकसित करने पर भी विचार कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को विविध सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में विकसित किया जाएगा और पर्यटक प्रदेश की कला व संस्कृति के बारे में अधिक जान सकेंगे मुख्यमंत्री इस बीच शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों को लाने के लिए हैदराबाद और बैंगलुरू में इन्वैस्टर मीट का आयोजन सफल रहा है उन्होंने कहा कि निवेशकों की प्रतिक्रिया और मिजाज राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक है मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य उद्योगों के अलावा राज्य में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं जयराम ठाकर ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र के विविधिकरण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को निजि क्षेत्र में उपयुक्त रोज़गार दिलाने के लिए प्रशिक्षित कर रही है घोषणा पत्र भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए एक महीने के अभियान की शुरूआत की है भारत के मन की बात मोदी के साथ नामक इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं व महिलाओं के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है

इनमें चम्बा जिले के दुर्गम क्षेत्र लील कोठी में बनने वाले मॉडल कॉलेज का शिलान्यास भी शामिल है इसके लिए समारोह चम्बा जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया

इस कॉलेज में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अग्रणी संगठनों और विभागों के प्रमुखों की एक बैठक आज शिमला में हुई पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी के सभी अग्रणी संगठनों और विभागों को गतिशील बनाने के लिए उनका पूरा सहयोग रहेगा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जुड़ने को कहा और इसके माध्यम से सक्रिय होकर अपनी गतिविधियां लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया गौसदन ऊना ज़िले के कुठेड़ा जसवालां में नवनिर्मित गौसदन का ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शुभारम्भ किया

स्वाइन फ्लू सोलन जिले के दंगील में जनमंच कार्यक्रम में आज लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव की जानकारी दी गई ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि यदि समय रहते रोगी स्वास्थ्य संस्थान में पहुंचता है तो स्वाइन फ्लू का उपचार संभव है